थल सेनाध्यक्ष ने कहा भारत और चीन के बीच नहीं है सीमा विवाद बताया दोनों देशों के बीच मधुर संबंध

नागरिक उड्डयन समीक्षा केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने आज उत्तर पश्चिम राज्यों के साथ नागरिक उड्डयन संबंधित विभिन्न विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की इस दौरान देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने श्री पुरी को बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में प्रथम चरण की चयनित वायुयान सेवा देहरादून पंतनगर और दूसरे चरण की वायुयान सेवा देहरादून पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ देहरादून पिथौरागढ़ हिंडन चलाई जा रही है उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आभार प्रकट किया उन्होंने मंत्रालय द्वारा तीसरे चरण की चयनित वायुयान सेवा पंतनगर चंडीगढ़ पंतनगर लखनऊ और पंतनगर कानपुर सेवाएं के साथ ही देहरादून इलाहाबाद और पिथौरागढ़ पंतनगर वायुयान सेवाओं को भी जल्द संचालित करने का अनुरोध किया उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जौलीग्रांट हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई है जिसके क्रम में प्रथम चरण में जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकण के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया गया है

उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार पर खर्च का भार कम होगा जिस पर श्री पुरी ने विचार करने का आश्वासन दिया सेनाध्यक्ष चमोली थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत और चीन में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है चीन से हमारे मधुर संबंध है

ईको टास्क फोर्स के माध्यम से सीमा से सटे गांवों में चलाये जा रहे पर्यावरण को सुरक्षित रखने पलायन को रोकने सीमावर्ती गांवों के लोगों की आर्थिकी को सुधारने के लिए चलाये जा रहे पौधरोपण कार्यक्रम के तहत मलारी में अखरोट और चिलगोजा के पौधों का रोपण किया गया

उन्होंने ग्रामीणों से रोपे गए पौधों का संरक्षण करने की अपील की उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों में संचार की सुविधा मुहैया करवाने के लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे थल सेनाध्यक्ष ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी उन्होंने अच्छे कार्य करने वाले जवानों को थल सेना प्रशस्ति पत्र भी दिए मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित और सम्भावित स्थलों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिये हैं देहरादून में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा निधि में उपलब्ध धनराशि को सड़क सुरक्षा के कार्यों में उपयोग करने के लिए एक बैठक बुलाने के निर्देश दिये

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस साल वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है हर्षिल सेब फेस्टिवल प्रदेश की चीन सीमा से लगे विकासखण्ड भटवाड़ी उत्तरकाशी धारचूला मुनस्यारी पिथौरागढ़ जोशीमठ और चमोली में स्टेट एरिया डेवलपमेंट योजना लागू की जाएगी उत्तरकाशी जिले में हर्षिल एप्पल फेस्टिवल के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की सेब महोत्सव में किसानों और बागवानों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र औद्यानिक दृष्टि से बहुत महत्पूर्ण हैं

सीमावर्ती नेलांग में जिन लोगों की संपत्ति है उन्हें घर बनाने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर कोई स्थानीय निवासी होम स्टे योजना के तहत अपना घर बनाना चाहता है तो होम स्टे योजना के लाभ के अलावा सरकार उसकी अलग से सहायता करेगी इसके अलावा सीमावर्ती विकासखण्ड के लिए अलग से किसान फंड बनाया जाएगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सेब की विभिन्न किस्म की प्रजातियों की प्रदर्शनी और फोटो गैलरी गढ़ संग्रालय का निरीक्षण भी किया एमडीडीए स्थापना दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने पिछले दो सालों में जो कार्य किये हैं उससे सरकार की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो सके इसके लिए जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है आमजन को हर प्रकार की सुविधा समय से उपलब्ध करा सकें इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पहचान और संस्कृति होती है पर्यटक भी इससे प्रभावित होते हैं पर्यटकों को आकृषित करने के लिये उत्तराखण्ड में किये जा रहे निर्माण कार्यों में यहां की कला और संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण राज्य के अन्य प्राधिकरणों के लिये मार्गदर्शक है

कार्यक्रम में एमडीडीए उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लगातार नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है

इसके तहत इन शहरी क्षेत्रों में अब पेयजल सीवरेज इनेज सड़क ट्रांसपोर्ट और आईसीटी के काम होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना भव्य नई केदारपुरी सहकारिता विकास परियोजना के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिए योजना को मंजूरी मिलना प्रदेश के विकास के लिए बड़ी देन है विरासत देहरादून विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि संस्कृति को जन्म देना आसान है लेकिन इसे संरक्षित करना बहुत मुश्किल है सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने और देश में सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना चाहिए देहरादून में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की सांस्कृतिक परंपरा की विशेष पहचान है देश में अलग अलग बोली भाषा व संस्कृति है इसके बावजूद सामाजिक संतुलन बना हुआ है उन्होंने कहा कि विरासत एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखता है उन्होंने कहा कि विश्व में कई सभ्यताएं और संस्कृतियां समय के साथ खत्म हो गईं लेकिन भारतीय संस्कृति अमर है और इसका श्रेय यहां के लोगों के साथ ही उन संस्थाओं को भी जाता है जो संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं

इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है